जयपुर के शास्त्रीनगर इलाके में दुराचार पीडिता के परिजनों को राज्य सरकार ने पांच लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने डूंगरपुर बांसवाडा के रास्ते दस्तक दे दी है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 विभाग के अनुसार फिलहाल मानसून के लिये परिस्थितियां अनुकल है और अगले तीन चार दिन में ये प्रदेश के अगले हिस्सों तक पहच जायेगा

इस बीच कल बांसवाडा और उदयपुर जिले में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च में लगातार वृद्धि हो रही है

इस विधेयक का उद्देश्य देश में मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में पारदर्शिता जवाबदेही और प्रशासन में उत्कृष्टता लाना है यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्थापित करने का प्रावधान है यह आयोग देश में मेडिकल शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र को नियंत्रित करेगा

ये विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित किया जा चुका है केन्द्र सरकार ने मछ्आरों और पशुपालक किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का फैसला किया है इससे उन्हें अपने कारोबार के लिए प्रंजी हासिल करने में मदद मिलेगी मत्स्यपालन पशु पालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रताप चंद्र षडंगी ने लोकंसभा में यह जानकारी दी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा के तहत मौजूदा कार्डधारक अपनी जरूरते पूरी करने के लिए तीन लाख रूपये तक का ऋण ले सकते हैं इस ऋण पर ब्याज में वार्षिक दो प्रतिशत की छूट मिलती है समय पर ऋण चुकाने पर वार्षिक तीन प्रतिशत ब्याज की अतिरिक्त छूट मिलती है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक से कहा है कि सभी राज्यों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को परीक्षा में अंक देने की एकसमान पद्धति अपनाने का परामर्श जारी किया जाए

उप राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रेड में परीक्षा परिणाम घोषित करने वाले बोर्ड को अंक भी देने चाहिए ताकि संबंधित विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को मिले अंकों के प्रतिशत की गणना कर सकें

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानन्द गौड़ा ने ये जानकारी दी

हालांकि इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है

पुलिस ने मामले में आरोपी की तलाश करते हुए आठ लोगों को हिरासत में लिया है

इस बीच कल शास्त्रीनगर थाने में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के साथ जनप्रतिनिधियों और शांतिसमिति के सदस्यों ने शांति बहाली के लिये चर्चा की इधर पीड़ित बालिका का उपचार जेके लोन अस्पताल में किया जा रहा है जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है सरकारी मुख्य सचेतक महेष जोषी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल अस्पताल पहुंचकर पीडिता और उसके परिजनों से मुलाकात की इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री खाचरियावास ने कहा कि बालिका का स्वास्थ्य ठीक है उसका उपचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा अतिरिक्त पुलिस महानिदेषक जंगा श्रीनिवास राव भी पीड़ित बालिका से मिलने अस्पताल पहुंचे इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर ध्यान न दें और जो लोग अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी

इस अवसर पर श्री जिंदल ने कहा कि तिरंगा हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है यह हमें एक सूत्र में बांधता है इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिक तथा सेना के कई अधिकारी मौजूद थे

झंण्डे में बनाया गया चक विशेष मुद्रण तरीके से मुद्रित किया गया है

इस वर्ल्डकप में यह उनका चौथा शतक है